पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर हायाघाट और थलवाड़ा के बीच रेल पटरी पर बाढ़ के पानी के दबाव के देखते हुये आज दूसरे दिन भी रेलगाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने आकाशवाणी को बताया कि आज ग्यारह मेल एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेंगी वहीं ग्यारह अन्य ट्रेनों को अपने गन्तव्य से पहले समाप्त कर दिया गया है जबकि सात जोड़ी ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है इस बीच दरभंगा सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बागमती कमलाबालान और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं समस्तीपुर जिले के रोसड़ा के मुरादपुर में बागमती नदी पर बना सड़क पुल पानी के भारी दबाव के चलते टूट गया इसके कारण रोसड़ा और खानपुर प्रखंड के दर्जनों गांव का सड़क सम्पर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है इधर दरभंगा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है सिंहवाड़ा और हनुमाननगर प्रखंड को छोड़कर अन्य प्रखंडों में जन जीवन सामान्य होने लगा है द्रसरी तरफ खगड़िया में कोसी और बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है जिले के चेरा खेरा पंचायत के दो सौ से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है उत्तरी बोहरवा में भी बागमती नदी लगातार कटाव कर रही है इधर सीमांचल के इलाकों की स्थिति में भी बहुत सुधार नहीं देखा जा रहा है अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड में सुरसर और खरहा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से कई नये गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है किशनगंज में नदियों का जलस्तर घटने से कटाव का खतरा बढ़ गया है सहरसा में कोसी नदी के जलस्तर में हल्की वृद्धि देखी गयी है हालांकि मधेपुरा में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रदेश के तेरह से अधिक जिलों के पचासी लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं बाढ़ से जुडी घटनाओं में अब तक एक सौ सत्ताईस लोगों की मौत हो चुकी है एनडीआरएफ एसडीआरएफ और एसएसबी के लगभग नौ सौ जवान राहत और बचाव कार्यो में जुटे हुये हैं मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की सम्भावना जतायी है विभाग ने कहा है कि झारखंड और गंगा के तटीय क्षेत्र में मॉनसून की सक्रियता के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आसमान में बादल छाये रहेंगे और बारिश होगी इस दौरान कहीं कहीं चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने स्पष्ट किया है कि निर्माणाधीन अपार्टमेंट के मामले में फ्लैट की बीमा की पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की है यह राशि फ्लैट खरीददार से वसूली नहीं जा सकती एक मामले की सुनवाई करते हुये रेरा की पीठ ने बीमा देने वाले बैंक को ग्राहक से इस मद में लिया गया पूरा पैसा वापस करने का निर्देश दिया पीठ के इस फैसले से हजारों उपभोक्ताओं को फायदा होगा बिहार के नव नियुक्त राज्यपाल फागू चौहान आज पद की शपथ लेंगे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही राजभवन के दरबार हॉल में दिन के साढ़े ग्यारह बजे आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे श्री चौहान बिहार के चालीसवें राज्यपाल होंगे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अब इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने कहा है कि अगले महीने से राज्य के सभी पंचायतों में कृषि कार्यालय काम करने लगेंगे विभागीय समीक्षा बैठक के बाद श्री कुमार ने बताया कि पंचायत कार्यालयों में कम्प्यूटर देने की भी व्यवस्था की जा रही है उन्होंने बताया कि प्रदेश के बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित इलाकों में विभागीय अधिकारियों को कैम्प कर किसानों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं आज विश्व बाघ दिवस मनाया जा रहा है यह दिन प्रतिवर्ष बाघ और उनके प्राकृतिक वास के सरंक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में एक समारोह में अखिल भारतीय बाघ आकलन के चौथे चक्र के परिणाम जारी करेंगे ऐसा माना जाता है कि कवरेज सैम्पलिंग और कैमरा ट्रैपिंग के संदर्भ में बाघ आकलन विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण हैं प्रदेश के विभिन्न नियोजन इकाईयों में कार्यरत नियोजित शिक्षक अपनी पसंद की पंचायतों और अन्य नियोजन इकाईयों में नये सिरे से शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन कर सकेंगे शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए उन्हें वर्तमान नियोजन इकाई से अनुमति लेनी होगी पूर्व से नियोजित वैसे शिक्षक ही आवेदन दे सकेंगे जो टीईटी उत्तीर्ण हैं और जिनके पास डीएलएड या बीएड की डिग्री है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड चालू शैक्षणिक सत्र में पांच सौ वस्तानिया यानि मध्य विद्यालय को फोकनिया उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करेगा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने बताया कि उन्हीं वस्तानिया को उत्क्रमित किया जायेगा जिनके पास कम से कम एक बीघा जमीन हो और दस शिक्षक के साथ साथ एक किरानी और एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मी कार्यरत हो आज सावन की दूसरी सोमवारी है इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है श्रद्दालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं किशनगंज जिले के गलगलिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक की चूरली शाखा के स्ट्रांग रूम को चोरों ने काट कर नौ लाख इक्कीस हजार रूपये चुरा लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक हिन्दी दैनिक के पत्रकार को गोली मार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया घायल पत्रकार का दरभंगा के डीएमसीएच में इलाज चल रहा है पटना जिले के पालीगंज प्रखंड के फतेहपुर पश्चिम गांव में डायरिया की चपेट में आने से पिछले दो दिनों के भीतर एक ही परिवार की तीन लोगों की मौत हो गयी चिकित्सकों का एक दल प्रभावित गांव में कैम्प कर रहा है कैमूर जिले में क्दरा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पूलिस ने छापेमारी कर एक सौ तेरह कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाईकिल चोर गिरोह के सात सदस्यों को चोरी की तेरह मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां दरभंगा समस्तीपुर रेल लाईन पर ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से जुड़ी खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है हायाघाट व थलवारा स्टेशन के बीच रेलपुल संख्या सोलह पर बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ने से ट्रेनों का परिचालन रोका गया दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर को प्राथमिकता देते हुये लिखा है कश्मीर में विकास से बम बंद्रक को हरायेंगे दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना पहुंचे फागु चौहान आज लेंगे चालीसवें राज्यपाल की शपथ प्रभात खबर ने लिखा है सारण में तालाब में डूबने से सात बच्चों की हुई मौत राष्ट्रीय सहारा लिखता है कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस और जनता दल एस के चौदह बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया आज ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के निधन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है